राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां इकतीस मई तक रद्द की

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुए कार्यक्रम के इस संस्करण का आयोजन वर्चुअल रूप में किया जा रहा है इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्धाओं माता पिता और शिक्षकों के साथ नये फॉरमेट में यादगार परिचर्चा होने की संभावना है उन्होंने आशा जताई है कि इस दौरान कई दिलचस्प सवाल सामने आयेंगे

शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने में मदद मिलेगी

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम टीवी चैनलों डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मो पर देखा जा सकता है यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय नरेन्द्र मोदी पीएमो इंडिया डीडी न्यूज राज्यसभा टीवी और स्वयंप्रभा जैसे फेसबुक और यूट्ब चैनलों पर शाम सात बजे से देखा जा सकेगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखते हये आकाशवाणी पटना से संध्या सात बजकर तीस मिनट पर प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार का आज शाम छह बजकर पैंतालीस मिनट से प्रसारण होगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले चार सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहुत नाजुक होगी

उन्होंने लोगों से आवश्यक रूप से टीका लगवाने अपील की है

वही दूल्स है हमारे लेकिन उन टूल्स को परफैक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना है चाहे वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो चाहे कंटेनमेंट की बात हो चाहे टैस्टिंग की बात हो या अस्पतालों की तैयारी की बात हो या वैक्सीनेशन को पहुंचाने की बात हो इस एलिजिबल ग्रुप को मिलना चाहिए जहां भी पेंडेमिक है वहां मिलेगा तो बचाव होगा जान बचेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए प्रखंड स्तर पर क्वारेंटीन सेन्टर तैयार रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है श्री कुमार ने महाराष्ट्र और पंजाब समेत अन्य कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखने को कहा उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन की रणनीति पर भी तेजी से काम करने को कहा साथ ही उन्होंने कोविड उन्नीस टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के हर संभव उपाय करने के निर्देश दिये श्री कुमार ने कोविड की रोकथाम और बचाव से जुड़े उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया है मुख्यमंत्री ने लोगों से भी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

कल लगभग पांच महीने के बाद राज्य में एक हजार से अधिक नये मामले दर्ज किये गये स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक हजार अस्सी कोविड संक्रमितों की पुष्टि हुई है इसमें सबसे अधिक चार सौ छियासी मामले पटना से हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर चार हजार नौ सौ चौवन हो गयी है वहीं कल दो सौ सड़सठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी इसी अवधि में दो मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ अठासी हो गयी है राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव पांच आठ प्रतिशत है इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां इकतीस मई तक रद्द कर दी है साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी छुट्टी पर हैं उन्हें वापस काम पर लौटने के आदेश दिये गये हैं प्रदेश में कल दो लाख सात हजार तीन सौ छियालीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये

इसमें पैंतीस लाख चालीस हजार सात सौ पचहत्तर लाभार्थियों को टीके की पहली डोज जबकि पांच लाख एक हजार सात सौ पचपन लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इस बीच देश में अब तक आठ करोड़ चालीस लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं केन्द्र सरकार ने एक आदेश जारी कर पैंतालीस वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने को कहा है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश में केन्द्र सरकार के कमर्चारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हये प्रवासी श्रमिकों का पलायन शुरू हो गया है इसे देखते हुये रेल मंत्रालय ने मुम्बई और पुणे से पटना दानापुर दरभंगा और बापूधाम मोतिहारी के लिए सात स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दी है दस अप्रैल को पहली स्पेशन ट्रेन पटना और दानापुर जंक्शन पहुंचेगी पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि स्पेशल ट्रेन से आने वाले हर एक यात्री की रैपिड एंटीजन किट से जांच करायी जायेगी उन्होंने बताया कि जो भी यात्री पॉजिटिव पाये जायेंगे उन्हें तत्काल आईसोलेशन सेन्टर भेजा जायेगा प्रदेश में एक अप्रैल से बिजली पांच पैसे से पैंतीस पैसे तक प्रति यूनिट महंगी हो गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में बिजली उपभोक्ताओं के लिए छह हजार तैंतालीस करोड़ रूपये की सब्सिडी मंजूर किये जाने के बाद बिजली कम्पनियों ने नई दरें जारी कर दी हैं इन दरों के अनुसार गरीब उपभोक्ताओं को पांच से दस पैसे प्रति यूनिट शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को एक सौ यूनिट तक पांच पैसे प्रति यूनिट जबकि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को एक से पचास यूनिट तक पांच पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ा हुआ बिल देना होगा वहीं सिंचाई के लिए निजी नलकूप पर पांच पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी हुई है लोक जनशक्ति पार्टी के एक मात्र विधायक राजकुमार सिंह ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में श्री सिंह को जदयू के विधायक के रूप में मान्यता दे दी है इसके साथ ही जदयू में लोजपा विधायक दल का विलय हो गया है इस विलय के बाद लोक जनशक्ति पार्टी का विधानसभा और विधान परिषद में एक भी प्रतिनिधि नहीं बचा है राजकुमार सिंह बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके जदयू में शामिल होने के बाद पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़कर पैंतालीस हो गयी है इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण राजकुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी इसलिए वे लोजपा छोड़कर जदयू में शामिल हो गये हैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल जिले के कुर्था थाना को वर्ष दो हजार बीस के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है अपराधियों पर कार्रवाई गिरफ्तारी का प्रतिशत सम्पत्ति से जुड़े अपराधों में रिकवरी और थाना के आधारभूत संरचना जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर कुर्था थाना को यह स्थान हासिल हुआ है गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष दस बेहतर थानों का चयन करता है पंचायत चुनाव के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीद को लेकर कल पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी अब आज इस मामले की सुनवाई होगी भारतीय स्टेट बैंक की लखीसराय शाखा से लगभग तीन करोड़ रूपये गबन के मामले में सीबीआई ने बिहार और झारखंड के सात ठिकानों पर छापेमारी की है पटना गया नालंदा बेगूसराय और झारंखड के साहेबगंज समेत अन्य स्थानों पर तलाशी ली गयी प्राप्त जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं गौरतलब है कि एसबीआई की लखीसराय शाखा में कटे फटे नोटों को बदलने के दौरान करोड़ों रूपये के गबन का मामला प्रकाश में आया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आशुलिपिक की नियुक्ति के लिए पटना में आयोजित काउंसिलिंग में ग्यारह अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है इन सभी की बायोमीट्रिक पहचान नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गयी है पटना जिले की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ द्वष्कर्म के दोषी सन्नी कुमार को आजीवन कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है समस्तीपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी बैंककर्मी समेत दो लोगों से लगभग सात लाख रुपये लूट लिए अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना की स्थिति को लेकर कल हुई समीक्षा बैठक की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है प्रखंडों में बनेंगे क्वारेंटीन सेन्टर दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी देते हुये लिखा है फ्रंटलाईन और हेल्थकेयर वर्कर तथा उनके परिजनों की जांच करायें नीतीश दैनिक जागरण ने लिखा है तेजी से फैल रहा कोरोना चार हफ्ते बेहद अहम प्रभात खबर की सुर्खी है लोजपा के एक मात्र विधायक जदयू में शामिल आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां इकतीस मई तक रद्द की